मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित वृह्द रोजगार मेला का उद्घाटन किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुछ युवकों को नियुक्ति पत्र वितरित किये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार मेले में आये युवकों को संबोधित करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाये गये स्टार्टअप योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से छात्र रोजगार पा सकते हैं तथा दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम एवं सेवायोजन के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकारें जितना रोजगार पांच वर्ष में नहीं दे पाती थीं उससे तीन गुना अधिक रोजगार वर्तमान सरकार ने केवल तीन वर्ष में दिया है

इंवेस्टर्स समिट का जिक्र करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ढाई लाख करोड़ से अधिक का निवेश हासिल हुआ जिससे पैंतीस लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ा गया है उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की हर तहसील में आईटीआई और कौशल विकास केन्द्र खोलने का प्रयास कर रही है इससे रोजगार की समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकेगा उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में बीस प्रतिशत स्थान बालिकाओं को दिया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा के मुताबिक उन्हें रोजगार मिले इसके लिये केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा कई कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की गई है जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बदाश्त नहीं की जायेगी उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मौजूद विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा रजिस्टारों को भी अपने यहां नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से बोर्ड परीक्षाओं को पूरी पारदशिता के साथ स सम्पन्न कराने के लिये संबंधित अधिकारियों प्रभावशील नागरिकों तथा अभिभावकों के साथ बैठकें करने के लिये भी कहा उन्होंने परीक्षा अवधि के दौरान रात्रि दस बजे के बाद लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने क निर्देश भी दिये

श्री मोदी ने एक टवीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया ह जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये

वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जीओवी पर भी लिख सकते हैं

भारत दौरे पर आये श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिन्द्रा राजपक्षे ने आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कारीडोर की सराहना की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

भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने मूकदमा दायर करने से पहले मध्यस्थता को अनिवार्य बनाने के बारे में एक व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है उन्होंने कहा कि इससे दक्षता सुनिश्चित होगी और सबद्ध पक्षों तथा अदालतों का समय बचेगा एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस तरह का कानून बनाने के लिए यह सही समय है उन्होंने कहा कि हालांकि कई प्रकार के बड़े विवादों के समाधान में कानूनी मध्यस्थता ही पसंद की जाती है माघी पूर्णिमा के अवसर पर आज लाखों श्रद्धालुओं ने प्रदेश की प्रमुख नदियों में आस्था की डुबकी लगाई वाराणसी में इस अवसर पर गंगा के सभी प्रमुख घाटों पर स्नान के लिये समुचित व्यवस्था की गई थी श्रद्वालुओं ने गंगा में डुबकी लगाने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किये और दान पुण्य भी किया हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर ब्रज घाट पर दूर दराज से आये लाखों श्रद्वालुओं ने माघी पूर्णिमा के अवसर पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और अपने परिवार की मंगल कामना के लिये पूजा अर्चना की वहीं प्रयागराज में संत महात्माओं और कल्प वासियों के अलावा दूर दराज से आये श्रद्धालुओं ने मोक्ष दायनी गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर पुण्य स्नान का लाभ अर्जित किया माघी पूर्णिमा के अवसर पर सभी प्रमुख नदियों के तटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये थे श्रद्धालुओं के लिये जगह जगह भंडारे की भी व्यवस्था की गई थी माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ प्रयागराज में एक माह से चल रहा कल्पवास भी आज पूरा हो गया आज देश भर में रविदास जयंती मनाई जा रही है

वह उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु रविदास का स्मरण करते हुये कहा कि गुरु रविदास ने शांति एकता और भाईचारे का संदेश दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि गुरु रविदास ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए समानता और भाईचारे पर बल दिया जो आज भी प्रासंगिक हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविदास जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुये कहा कि संत रविदास ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिये लोगों को जागरूक किया वे समता और सदाचार को अत्यंत महत्व देते थे उनकी रचनायें हमारे साहित्य की अनमोल धरोहर है प्रदेश में संत रविदास की जयंती पर विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और शोभा यात्राएं निकाली गई संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी के सीरगोवर्धनपुर स्थित उनके मंदिर एवं आसपास के इलाकों को भव्य तरीके से सजाया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत विविधता में भारत की एकता को दर्शाने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है इसका उद्देश्य देश के लोगों में पारंपरिक भावनात्मक बंधन के ताने बाने को मजबूत करना भी है

इस अभियान के लिए राज्यों की जोड़ी केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ बनाई गयी है

हमें प्रयत्नपूर्वक एकता के मंत्र को जीना पड़ेगा जीकर के दिखाना पड़ेगा और एक प्रकार से वो हमारी सांस्कृतिक विरासत के रूप में अंतर्साध्य करना पड़ेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको संक्रमित करना पड़ेगा परकोलेट करना पड़ेगा हम इस देश को बिखरने नहीं दे सकते

उनका अंतिम संस्कार कल किया जायेगा